आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने सम्बोधन में श्री मोदी ने सभी लोगों से कहा कि वे वोकल फॉर लोकल क संकल्प को ध्यान में रखें जब हम त्योहार की बात करते हैं तैयारी करते हैं तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है क्या क्या खरीदारी करनी है खासकर बच्चों में तो इसका विशेष उत्साह रहता है इस बार त्यौहार पर नया क्या भिलने वाला है त्यौहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जायें तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनियाभर में भारतीय उत्पादों को बहुत ज्यादा पसन्द किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ऐसे अनेक स्थानीय उत्पाद हैं जिनमें विश्व स्तर का बनने की क्षमता है प्रधानमंत्री ने इस बारे में खादी का उदाहरण दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान खादी के बने मास्क काफी लोकप्रिय हुए हैं देश में कई स्थानों पर स्वयं सहायता समूहों ने खादी के मास्क बनाए हैं उन्होंने इस बारे में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की सुमन देवी का उदाहरण दिया जिन्होंने स्वयं सहायता समूह के जरिये मास्क बनाना शुरू किया और आज उनका समूह हजारों की संख्या में खादी मास्क बना रहा है श्रो मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय उत्पादों के साथ अकसर आत्म निर्भरता का पूरा जीवन दर्शन जुड़ा होता है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के अध्यात्म योग और आयुर्वेद की तरह कई राष्ट्रीय खेलों ने दुनिया को आकर्षित किया है उन्होंने कहा कि हमारा मलखम्ब अनेक देशों में प्रचलित हो रहा है

श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को देश की परम्परागत युद्ध कलाओं को भी जानना और सीखना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर में पुलवामा पूरे देश को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि पेंसिल बनाने के लिए देश में लकड़ी आयात की जाती थी लेकिन अब पुलवामा पेंसिल बनाने के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बना रहा है घाटी से चिनार की लकड़ी पेंसिल बनाने के काम में इस्तेमाल की जा रही है पुलवामा में उक्ख गांव को पेंसिल विलेज के रूप में जाना जाता है श्री मोदी ने त्यौहारों के दौरान सभी से मास्क पहनने साबुन से हाथ धोने और दो गज की दूरी बनाये रखने का सुझाव दोहराया श्री मोदी ने लोगों को विजयदशमी पर्व की श्रभकामनाएं दीं आज विजयादशमी यानि दशहरे का पर्व है इस पावन अवसर पर आप सभी को ढ़ेरों शुभकामनाएं दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं मर्यादा में रहकर पर्व त्यौहार मना रहे हैं इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है प्रधानमंत्री ने कहा कि त्यौहारों के इस दौर में हमें लॉकडाउन की अवधि को याद रखना चाहिए जब लोगों को अपने आसपास के उन लोगों के महत्व का पता चला जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी बहुत सहायता करते हैं लॉकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को और करीब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता सफाई कर्मचारी घर में काम करने वाले भाई बहन लोकल सब्जी वाले दूध वाले सिक्योरिटी गार्ड्स इन सबका हमारे जीवन में क्या रोल है हमने अब भली भांति महसूस किया है अब अपने पर्वो में अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है मेरा आग्रह है कि जैसे भी संभव हो इन्हें अपनी खुशियों में जरुर शामिल करिये प्रधानमंत्री ने लोगों से उन बहादुर सैनिकों को याद रखने को भी कहा जो सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्यौहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहें हैं हमें उनको याद करके ही अपने त्यौहार मनाने हैं हमें घर में एक दीया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भले ही सीमा पर हैं लेकिन पूरा देश आपके साथ है आपके लिए कामना कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश में प्रौद्योगिकी आधारित सेवा वितरण के अनेक नये तरीके सामने आये उन्होंने झारखंड में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का उदाहरण दिया जिन्होंने खेतों से सीधे लोगों के घरों तक फल और सब्जियां पहुंचाई श्री मोदी ने ऐसे कुछ और लोगों के भी उदाहरण दिये जो अपनो लिखने पढ़ने की अभिरूचि को दूसरों के साथ साझा करते हैं उन्होंने मध्य प्रदेश में सिंगरौली की एक शिक्षिका ऊषा द्रबे की मिसाल दी जिन्होंने अपनी स्कूटी को ही मोबाइल पुस्तकालय में बदल दिया है

ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है सरदार पटेल ने देशी रियासतों के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया था

श्री मोदी ने महर्षि वाल्मिकी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने लाखों वंचितों और दलितों के दिलों में आशा की ज्योति दिखाई आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश के बाराबंकी जिले की सुमन देवी का भी जिक्र किया

सुमन देवी ने बताया महामारी चल रही थी तब हमने टीवी में और अपने मोबाइल न्यूज में देखा कि प्रवासी मजद्र दिल्ली मुम्बई कोलकाता सब बाहर से आ रहे थे कुछ हमारे गांव में भी बहुत आये थे दुकानें बाजार सब बंद थे और मास्क नहीं मिल पा रहे थे

अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी का पर्व आज प्रदेशभर में धार्मिक उल्लास और श्रद्वा के साथ मनाया जा रहा है राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनायें दीं हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी के पर्व का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है राज्यपाल ने लोगों से आपसी प्रेम शांति और भाईचारे के वातावरण में पर्व मनाने की अपील की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विजयदशमी का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया था सम्पूर्ण भारत में यह पर्व परम्परागत श्रद्धाभाव एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है उन्होंने कहा कि विजयदशमी का पर्व हमें आशा उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सन्देश देता है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि विजयदशमी का त्योहार हमें आशा उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश देता है

रामलीलाओं का मंचन भी सार्वजनिक स्तर पर वृहद रूप में राज्य में नहीं किया जा रहा है लेकिन लोग अयोध्या में आयोजित की जा रही अंतरराष्ट्रीय रामलीला के द्वारा आभासीय रूप से रावण वध को देख सकेंगे सरयू तट पर आयोजित किए जा रहे रामलीला के मंचन में आम जनता को कोरोना काल में आनें की मनाही है लेकिन इस संपूर्ण मंचन का दूरदर्शन के डीडी नेशनल और डीडी भारती के माध्यम से रोजाना सजीव प्रसारण किया जाता है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में पिछले चौबीस घण्टों के दौरान कोरोना संक्रमण के दो हजार बावन नये मामले सामने आये हैं राज्य में अब तक चार लाख छत्तीस हजार से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं प्रदेश के अपर मूख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर बान्नबे दशमलव सात दो हो गया है उन्होंने बताया कि इस समय राज्य में कोरोना के सत्ताईस हजार तीन सौ सत्रह सक्रिय मामले हैं उन्होंने बताया कि कोरोना के चिकित्सकीय उपचार के लिए ई संजीवनी पोर्टल शुरू किया गया है इस पोर्टल के माध्यम से एक लाख बासठ हजार नौ सौ बान्नबे लोगों ने चिकित्सीय परामर्श लिया है